प्रदेश में कोरोना संकमण की रफ्तार हुई कम ढ़ाई हजार से कम हुए एक्टिव केस लॉकडाउन में मिली छुट के दौरान धार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के डेढ़ हजार से ज्यादा घर बनकर तैयार

दोपहर तीन बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस चर्चा में श्री मोदी कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे

इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट लॉकडाउन और भारत के अनुशासन की चर्चा कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां संक्रमितों का जीवन बच रहा है हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर देगी उन्होंने आगाह किया कि बिना मास्क घर से निकलना खतरनाक हो सकता है

देश की तुलना में मध्यप्रदेश की संक्रमण ग्रोथ रेट आधी हो गई है

श्री चौहान कल मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस सप्ताह के अंत में भोपाल नगर के प्रत्येक वार्ड में स्वास्थ्य टीम पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण करें

उज्जैन से हजारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी कोरोना संकमण की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है

जबलपुर से भी कल राहत की खबर मिली है

पन्ना जिले में कल एक और युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया यह हाल ही में नोएडा से लौटा था

जबकि एक नये मामले का पता चला

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने लोगों से बहत जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की अपील की है

सीएम राज्यपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ पहँचकर मेदांता अस्पताल में भर्ती राज्यपाल लालजी टंडन के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनका इलाज कर रहे विशेषज्ञ चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य और उपचार आदि के बारे में चर्चा की श्री चौहान ने बताया कि राज्यपाल श्री टंडन की हालत में सुधार हो रहा है मुख्यमंत्री के साथ सांसद वीडी शर्मा एवं सुहास भगत भी थे

कोरोना संकट में भले ही देश और दुनिया थम सी गई हो लेकिन इस दौरान भी धार जिले में डेढ़ हजार से ज्यादा मकान बन कर तैयार हो गए हैं

इस दौरान वे सर्दी खांसी बुखार हृदयरोग कैंसर उच्च रक्तचाप क्षयरोग दमा आदि बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का पता लगाएगी मोबाइल एप के जरिये होने वाले इस सर्वेक्षण में हर परिवार के प्रत्येक सदस्यों की जानकारी संकलित की जायेगी मौसम मानसून मॉनसून सक्रिय होने से इसका असर प्रदेश में दिखने लगा है राजधानी भोपाल में जहां कल तेज बारिश हुई वहीं होशंगाबाद डिंडौरी सीहोर सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ वर्षा दर्ज की गई मंदसौर में हवाओ की वजह से कई पेड़ धराशाही हो गए तो कई मकान भी क्षतिग्रत हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने राजस्व अमले को नुकसान के आंकलन के निर्देश दिए हैं